प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम चार बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे

रविवार को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने लोगों से अनलॉक चरण में अधिक सतर्कता बरतने का आग्रह किया था केंद्र सरकार ने अनलॉक के दूसरे चरण के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए संक्रमण क्षेत्र से बाहर के इलाकों में और अधिक छूट की अनुमति दी है नए दिशा निर्देश पहली जुलाई से प्रभावी होंगे और इनमें कई कार्य चरणबद्व तरीके से दोबारा शुरु करने की बात कही गई है

गृह मंत्रालय ने कहा है कि ये दिशा निर्देश राज्यों से प्राप्त सुझावों और संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों तथा विभागों के साथ परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं इनके अनुसार मेट्रो रेल सेवा सिनेमा हॉल जिम स्विमिंग पूल मनोरंजन पार्क थिएटर बार सभागार असेम्बली हॉल और ऐसी अन्य जगहें बंद रहेगी सामाजिक राजनीतिक मनोरंजन खेलकूद शैक्षिक सांस्कृतिक और धार्मिक तथा अधिक भीड़ भाड़ वाले अन्य आयोजनों की अनुमति नहीं होगी संक्रमण क्षेत्र से बाहर के इलाकों में बाकी सभी कार्य किए जा सकेंगे विद्यालयों महाविद्यालयों और कोचिंग संस्थानों को जुलाई महीने में भी बंद रखने का निर्णय लिया गया है

जिन औद्योगिक इकाइयों में शिफ्टों में काम होता है उनके लिए भी रात्रिकालीन कर्फ्यू में ढील दी गई है राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर आवाजाही सामानों की लदाई और उन्हें उतारने के अलावा बसों रेलगाड़ियों और हवाई जहाजों से आने वालों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए भी कर्फ्यू में ढील दी गई है घरेलू विमान सेवा और यात्री रेलगाड़ियों के सीमित संचालन की अनुमति पहले से ही है जिसे धीरे धीरे बढाया जाएगा दिशा निर्देश के अनुसार इलाके पर निर्भर दुकानों में सुरक्षित दूरी के मानदंड का पालन करते हुए एक साथ पाँच से अधिक लोग रह सकते हैं

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग इसकी मानक प्रक्रिया अलग से जारी करेगा वंदे भारत मिशन के अंतर्गत सीमित अंतरराष्ट्रीय विमान सेवा उपलब्ध होगी

संक्रमण से तीन लोगों की मौत की भी पुष्टि हुई है

इस समय देश में दो लाख दस हजार एक सौ बीस मरीजों का इलाज चल रहा है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

इसके तहत सभी स्पेषल ट्रेनों के लिए बुकिंग की जा सकेगी जो भी यात्री तत्काल कोटा के तहत टिकट ब्रक करना चाहते है उन्हें एसी कोच के लिए सुबह दस बजे से और स्लीपर कोच के लिए सुबह ग्यारह बजे से टिकट की ब्रेकिंग करनी होगी

इनमें अधिकतर चीनी मोबाइल ऐप हैं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विज्ञप्ति में कहा कि इन ऐप से संचालित गतिविधियां देश की संप्रभुता अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा साबित हो सकती हैं मंत्रालय से कल जारी बयान में कहा गया है कि एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कृछ मोबाइल ऐप के द्रुपयोग के बारे में रिपोर्ट मिली है रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ऐप उपयोगकर्ताओं के डेटा चुराकर उन्हें गोपनीय ढंग से भारत के बाहर स्थित सर्वर को भेजते हैं गृह मंत्रालय के साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने इन मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है मंत्रालय को डेटा सुरक्षा को लेकर नागरिकों से भी शिकायत मिली है लोगों ने कंप्यूटर आपात कार्रवाई टीम को भी इस बारे में अपनी चिंता से अवगत कराया है लोगों ने देश की संप्रभुता के अलावा नागरिकों से संबंधित निजी जानकारी के लिए खतरा बने इन ऐप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है सरकार ने इन शिकायतों और हाल में मिली विश्वसनीय जानकारी के आधार पर कुछ मोबाइल एप्लीकेशन पर पाबंदी लगाने का फैसला किया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित छठी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा दो हजार सोलह में सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अनुषंसा की मंजूरी प्रदान कर दी है इसके साथ ही इन नये अधिकारियों की नियुक्ति का मार्ग प्रषस्त हो गया है

ब्रिटिष शासन के खिलाफ संथाल जननायकों के विद्रोह के प्रतीक हल दिवस की एक सौ छियासठवीं वर्षगांठ पर आज साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जा रहा है कोरोना के बढ़ते प्रसार को देखते हुये राज्य सरकार ने इस खास दिन को सादगी से मनाने का निर्णय लिया है राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो सहित राज्य के मंत्रियों ने राज्यवासियों को हल दिवस की बधाई दी

लातेहार जिले में अयोग्य राषन कार्डधारियों के खिलाफ कार्रवाई षुरू कर दी गई है

झारखंड को राष्ट्रीय महिला हॉकी प्रतियोगिता की मेजबानी सौंपी गई है

देवघर के विष्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले के आयोजन को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय तीन जुलाई को फैसला सुनाएगा गोड्डा के सांसद निषिकांत दुबे द्वारा दायर याचिका पर उच्च न्यायालय में आज सुनवाई हुई अदालत ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद अपना फैसला तीन जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया कोडरमा जिले में पांच और कोरोना संकमित मरीज स्वस्थ्य हो गये हैं